राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्यारह जेल अधीक्षकों का किया तबादला

पटना उच्च न्यायालय ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार को तीन सप्ताह के भीतर मुजफ्फरपुर बालिका गृह की पीड़िताओं को मुआवजे की निर्धारित राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है मुख्य न्यायाधीश एमआर शाह और न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुये सीबीआई के डीआईजी से मामले की जांच कर रहे एसपी जेपी मिश्रा के तबादले का कारण पूछा सीबीआई की ओर से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गयी इस बीच महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि इस तबादले में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं है खंडपीठ ने महाधिवक्ता से यह भी प्रछा कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है वह इस मामले से अलग हैं या नहीं इस पर उन्होंने बताया कि दोनों मामले पूरी तरह अलग है और पटना उच्च न्यायालय में चल रही सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया जा चुका है निर्वाचन आयोग ने चुनाव और मतदाता सूची निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों के तबादले पर रोक लगा दी है यह आदेश एक सितम्बर से प्रभावी होगा आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि चुनाव कामों में लगे पदाधिकारियों के तबादले के पहले इसकी अनुमति निर्वाचन आयोग से लेनी होगी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन होने तक यह आदेश लागू रहेगा भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अरूण कुमार सिंह राज्य के नये विकास अयुक्त होंगे वे शशि शेखर शर्मा का स्थान लेंगे जो इकतीस अगस्त को सेवानिवृत हो रहे हैं राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर जारी अधिसूचना के अनुसार पटना प्रमंडल के आयुक्त आनंद किशोर को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे उन्हें पटना प्रमंडल के आयुक्त पद से छुट्टी दे दी गयी है उनकी जगह शिक्षा विभाग के सचिव आर एल चोंग्थू को पटना प्रमंडल का आयुक्त बनाया गया है राज्य सरकार ने ग्यारह जेल अधीक्षकों का तबादला कर दिया है गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार मुजफ्फरपुर अररिया बेगूसराय मधुबनी नवगछिया मुंगेर बगहा बेतिया नवादा कटिहार और शिवहर स्थित कारागारों के अधीक्षकों का तबादला किया गया है राज्य के हरेक गांव से प्रखंड मुख्यालय तक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हर पंचायत के पांच बेरोजगारों को वाहन खरीद पर एक लाख रूपये तक की सब्सिडी दी जायेगी इन बेरोजगारों में से तीन एससी एसटी और दो अति पिछड़ा वर्ग के होंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गयी कैबिनेट ने इसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को मंजूरी दी है वहीं कैबिनेट ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आने वाले भूमिहीन परिवारों को आवास भूमि खरीदने के लिए साठ हजार रूपये देने का फैसला किया है इसके लिए मुख्यमंत्री वासस्थल क्रय सहायता योजना शुरू की जायेगी एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना को स्वीकृति दी इसके तहत विभिन्न योजनाओं के तहत उन्नीस सौ छियानवे से पूर्व निर्मित आवासों के रख रखाव के लिए एक लाख बीस हजार रूपये दिये जायेंगे वहीं कैबिनेट ने राज्य के सभी स्तर के अस्पतालों में चिकित्सकों से दिखाने के लिए मरीजों का निःशुल्क ऑनलाईन पंजीकरण की योजना को भी मंजूरी दी भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि कोई भी बैंक कटे फटे नोट लेने से मना नहीं कर सकता है एक आरटीआई के जवाब में केन्द्रीय बैंक ने स्पष्ट किया कि बैंक में सिक्के जमा करने की भी कोई सीमा नहीं है साथ ही एक रूपये के सिक्के पर भी कोई रोक नहीं लगायी गयी है छोटे और बड़े सभी सिक्के सामान्य रूप से प्रचलित हैं सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड के राजकीय मध्य विद्यालय बनचौड़ी में पदस्थापित डॉक्टर गोपाल जी का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया है वे बिहार से एक मात्र शिक्षक हैं जिनका चयन इस पुरस्कार के लिए हुआ है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पांच सितम्बर को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति भवन आयोजित समारोह में डॉक्टर गोपाल जी को सम्मानित करेंगे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस बार से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए राज्यों का कोटा समाप्त कर चयन प्रक्रिया को थर्ड पार्टी के हवाले कर दिया है पंचायती राज विभाग ने तकनीकी सहायक और लेखापाल सह आईटी सहायक के चार हजार एक सौ बानवे पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है इसके लिए राज्य सरकार की वेबसाईट बिहार पीआरडी डॉट बीआईएच डॉट एनआईसी डॉट इन पर सत्ताईस सितम्बर तक ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है तकनीकी सहायक के लिए मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा और लेखापाल सह आईटी सहायक के लिए बी कॉम होना अनिवार्य है नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने के मामले में आज सोलहवें दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी कल हुई सुनवाई के दौरान शिक्षक पात्रता परीक्षा पास शिक्षकों के संघ की ओर से अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा संघ की ओर से कहा गया कि पात्रता परीक्षा पास शिक्षकों को हर हाल में वेतनमान मिलना चाहिए इस मामले में केन्द्र की ओर से चार सितम्बर को अटर्नी जनरल केके वेणु गोपाल पक्ष रखेंगे चारा घोटाले के सजायाफ्ता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद आत्मसमर्पण करने आज पटना से रांची जायेगे

धन शोधन के मामले में राजद सांसद मीसा भारती और उनके पति के खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में बीस सितम्बर को सुनवाई होगी प्रवर्तन निदेशालय ने कल हुई सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि आरोपियों को आरोप पत्र के साथ अन्य दस्तावेज सौंप दिये गये हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए द्वारा दिसम्बर में होने वाली नेट परीक्षा के लिए एक सितम्बर से पंजीकरण होगा छात्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाईट एनटीए डॉट एसी डॉट इन पर जाकर आवेदन कर सकते हैं देशभर के किसी भी कॉलेज में इंजीनियरिंग और विज्ञान की पढ़ाई कर रहे छात्र अब प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे पहले सिर्फ राष्ट्रीय महत्व के चुनिंदा संस्थानों में अध्ययनरत छात्र ही फेलोशिप के लिए आवेदन कर सकते थे सहरसा में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के मामले में राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लेते हुये जिले के पुलिस अधीक्षक से तीन दिनों के भीतर इस मामले की जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है इधर इस मामले में पुलिस ने दो अपराधिायें को गिरफ्तार कर लिया है गया जिले में पिछले एक पखवाड़े के दौरान एटीएम लूट की कई घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ कर पांच अपराधियों को गिरफ्तार किया है वहीं पटना में एटीएम लूटने वाले तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है गया जिले के आमस थाना क्षेत्र में मोरहर नदी में ड्रबने से चार बच्चों की मौत हो गयी औरंगाबाद जिले के दाउदनगर प्रखंड के तरार पंचायत को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया है राष्ट्रीय खेल दिवस की पूर्व संध्या पर आज प्रदेश के दो सौ तिरानवे खिलाड़ियों को सम्मानित किया जायेगा पटना के पाटलिपूत्र खेल परिसर में आयोजित समारोह में अन्तर्राष्ट्रीय निशानेबाज श्रेयसी सिंह कबड्डी खिलाड़ी शमा परवीन और पैरा एथलीट शरद कुमार को राज्य के श्रेष्ठ खेल सम्मान से सम्मानित किया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों की अपनी सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान लिखता है संतोष झा की कोर्ट में सरेआम हत्या दैनिक जागरण की सुर्खी है पीएम की हत्या की साजिश पांच और गिरफ्तार प्रभात खबर ने कैबिनेट के फैसलों से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है अखबार लिखता है पंचायत के पांच लोगों को वाहन खरीद पर मिलेगी सब्सिडी दैनिक भास्कर ने एशियाई खेलों से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है सड़सठ साल बाद भारत को आठ सौ मीटर दौड़ में एक साथ गोल्ड और सिल्वर

राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्यारह जेल अधीक्षकों का किया तबादला